नई दिल्ली में आज अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट दो हजार अट्ठारह जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्वता दोहराई और इस दिशा में हरसंभव उपायों का संकल्प लिया सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर दो हजार नौ सौ सड़सठ हो गई है उन्होंने बाघों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित वर्ष दो हजार बाईस से चार वर्ष पहले पूरा कर लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस दिशा में समी भागीदारों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस समर्पण और तेजी से यह लक्ष्य पूरा किया गया है वह सराहनीय है उन्होंने कहा कि यह संकल्प से सिद्वि का सर्वोत्तम उदाहरण है जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आध्निक तकनीक का उपयोग करते हुये इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब तीन हजार टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है दुनिया भर में टाइगर की करीब तीन चौथाई आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश में वनों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़ी है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ईघन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि कचरा और जैव पदार्थ देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण अंग बन रहे हैं समारोह को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर बाघ संरक्षण में भारत की उपलबियों पर है उन्होंने कहा कि देश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर है पर्यावरण मंत्री ने सर्वेक्षण में शामिल लोगों को बधाई दी उन्होंने कहा कि छब्बीस हजार कैमरे सर्वेक्षण कार्य में लगाये गए

आनंदी बेन पटेल ने आज प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली लखनऊ में राजभवन में आयोजित एक समारोह में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने उन्हें शपथ दिलाई समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने लोकसभा में अपनी टिप्पणी के लिए आज भाजपा सांसद रमा देवी से माफी मांग ली आजम खान ने कहा कि अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था फिर भी अगर उनके आचरण से ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी न हो सकती है मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं चार बार मंत्री रहा हूं नौ बार विधायक रहा हूं राज्य सभा सदस्य रहा हूं मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझ से भावना में कोई गलती हुई तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बोलते समय किसी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे उन्नाव दुष्कर्म पीडि़ता के सड़क दुर्घटना में घायल होने के मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित की गई पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक गुरू होते ही समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस मामले को उठाया उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में उसके परिवार के दो सदस्यों की मृत्यु हो गई जबकि पीडिता और उसके वकील घायल हो गए हैं रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि यह घटना पीडिता की हत्या का प्रयास है आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के समी शिवालयों मे ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु भगवान शिव का जलामिषेक कर रहे है श्रद्वालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रदंध किये गये हैं वाराणसी में कांवरियों और भक्तों द्वारा सुबह से देवाघिदेव महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है कल प्रशासन द्वारा श्रद्वालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गयी गाजीपुर जिले के कैथी स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं द्वारा जलामिषेक किया जा रहा है अयोध्या में श्रावण मास के दूसर्र सोमवार पर श्रद्वालु नागेश्वरनाथ क्षीरेश्वरनाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलामिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिवमंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है देवरिया जिले के रूद्रपुर स्थित भगवान दुग्धेश्वरनाथ मंदिर संत कबीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के भरोहिया स्थित शिवमंदिर झारखण्डी महादेव मंदिर और बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में ब्रम्हमुहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्वांलुओं का तांता लगा हुआ है